देशभर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्व तरीके से फिर श्रू हो रही है केंद्र ने शनिवार को लॉकडाउन में छूट के दिशा निर्देश जारी किए जिसमें लॉकड़ाउन अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों तक सीमित किया गया है सरकार ने राज्यों के बीच वस्तओं और व्यक्तियों के निर्वाघ आवागमन की भी अनमति दे दी है कई राज्यों ने भी पांचवे चरण के लॉकडाउन या अनलॉक एक के दिशा निर्देश जारी किए हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में अब लोगों को और अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि लापरवाही और ढिलाई कोई विकल्प नहीं है उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखना अब अधिक महत्वपूर्ण है लॉकडाउन खोलने के पहले चरण में कई राज्यों ने रियायतों की घोषणा की

दिल्ली की सीमा से सटे गौतमबुद्व नगर और गाजियाबाद पर प्रतिबंध जारी रहेगा जबकि अन्तर जनपदीय आवागमन शुरू हो गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन के अन्तर्गत छूट देने के लिए राज्य सरकार ने कल नये दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके तहत सभी दफ्तरों में आज लॉकडाउन की शुरूआत के बाद से कर्मचारियों की सबसे ज्यादा संख्या नजर आई नये नियमों के मृताबिक तीन पालियों में बांटकर सभी कर्मचारियों को कार्यालय में आने की अनुमति दी गई है ये तीन पालियां सुबह नौ से पांच बजे दस से छ बजे बजे और ग्यारह बजे से सात बजे की है सुबह नौ बजे से रात नौ बर्ज तक बाजारों के खुलने की अनुमति मिलने के बाद सड़कों पर और कारोबारी इलाकों में भी चहल पहल देखने को मिल रही है राज्य सड़क परिवहन निगम की बसे भी आज विभिन्न बस स्टेशनों से रवाना हुई जहां यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराते हुए प्रदेश में अनलॉक व्यवस्था के प्रमावी संचालन के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन पूरी साक्षानी और सतर्कता बरतते हए किया जाए बाजारों में भीड़ न जुटे इसके लिए मुख्यमंत्री ने लगातार निगरानी कर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हए मृख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में कोरोना वायरस जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कार्यवाही और तेज की जाए श्री योगी ने आज से शुरू हए रेलगाड़ियों के परिचालन के संबंध में कहा कि प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए उन्होंने कहा कि यात्रियों को कोरोना से बचाव के सम्बंध में जागरूक किया जाए देश में कोविड नाइन्टीन से अब तक इक्यानबे हजार आठ सौ उन्नीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमित लोगों की संख्या एक लाख नब्बे हजार पांच सौ पैंतीस हो गई है मृतकों की संख्या पांच हजार तीन सौ चौरानबे हो गई है तिरान्नबे हजार तीन सौ बाईस लोगों का इलाज चल रहा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान और संचारी रोग प्रभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लॉकडाउन में छूट के बाद सभी को अपने सामान्य जीवन में लौटते समय अधिक सावधान रहना होगा हर तोगों ने दिमाग में यह डाल तेना है सरकार ने बील दी यह समझ कर बील दी है कि जो आदमी बाहर निकलेगा वह सारे एहतियात बरतेगा अभी भी कोरोना वायरस तो गया नहीं है

अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने हाथ और मुंह दोनों का संबंध जितना हो सके उतना टालना है और हाथ साफ करते रहना है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टर नरेश गप्ता परिचर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्टडियो में सीये फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पृछ सकते हैं नम्बर है शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार चार चार चार हमारा टोल फ्री नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छ सात यह कार्यक्रम रात नौ बजकर तीस मिनट से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष प्रा कर लिया है इस अवधि के दौरान सरकार ने अत्यसंख्यक समुदायों के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं इनमें सीखो और कमाओ तथा नई मंजिल योजनाओं के अंतर्गत अत्यसंख्यक युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है इन योजनाओं की पचास प्रतिशत से अधिक लाभार्थी लड़किया हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित हजारों स्वास्थ्य सहायक कोरोना रोगियों के उपचार में सहयोग दे रहे मेहर दक्षिण पश्चिम मॉनसन आज केरल तट पर पहंच गया है आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मत्यंजय महापात्रा ने कहा कि पिछले दो दिनों से केरल में बडे पैमाने पर वर्षा हो रही है